भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संपर्क कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद किया शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने शासन वाले राज्यों में कृषि ऋणों को माफ करने की घोषणा करके राष्ट्र को गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री ने किसानों के कर्ज माफ किए जाने के मुद्दे पर कहा कि ऋण की समस्या को यह आदर्श समाधान नहीं है उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो साहकारों से पैसा उधार लेते हैं

अपने फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस योजना को एक युगांतरकारी योजना बताते हुए कहा कि औसतन रोजाना पांच हजार दावों का भुगतान दिया जाता है वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद अगले पांच वर्षो में हर साल करीब एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल सितम्बर में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था

इन कंपनियों के ऋणों को डूबा नहीं माना जाएगा इस निर्णय से ऐसे सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा जो नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद नगदी की कमी का सामना कर रहे हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि इन उद्यमों के इस वर्षे पहली जनवरी तक नहीं चुकाए गये ऋण को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा और मौजूदा ऋण वर्गीकरण में नीचे की श्रेणी में नहीं डाले जाएंगे केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमागों पर स्थित सभी रेलवे फाटकों पर रेल ओवर ब्रिज आरओबी या रेल अंडर ब्रिज आरयूबी का निर्माण करेगी सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कहा कि रेल मंत्रालय सेतु भारतम योजना के तहत कमजोर और संकरे पुलों को बदलेगा इसके साथ ही कुछ पुलों को चौडा और मजबूत बनाया जायेगा ताकि उन पर आवागमन सुगम हो सके

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने संपर्क कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद शुरू किया है कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो देश भर में युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करेगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इसके लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के रोगी लगातार सामने आ रहे है

इसके अलावा जयपुर और उदयपुर में दो दो दौसा और सीकर में एक एक रोगी स्वाईन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है राजसमन्द जिले में इन दिनों काफी तादाद में सैलानी पहुंच रहे है नये साल के पहले सप्ताह में राजस्थान मध्यप्रदेश और गुजरात सहित अन्य राज्यों के पर्यटक यहां के धर्म धामों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे है जिले के श्रीनाथद्वारा में भगवान श्रीनाथजी के दर्शनों के किए श्रृद्वालुओं की भीड उमड रही है वहीं ऐतिहासिक कुंभगलढ़ दुर्ग भी पर्यटकों से गुलजार हो रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि मोटरसाईकिल सवार युवक विरावली गांव से मोटरसाईकिल पर सवार होकर सांवरिया जी दर्शन करने जा रहे थे इस दौरान बाड़ी गांव के पास निम्बाहेडा की ओर से आ रही एक अन्य मोटरसाईकिल ने उन्हें टक्कर मार दी हादसे में दो लोग भी घायल हो गये जिन्हें ईलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है बाडमेर में कल जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और नगर परिषद की ओर से चलाये जा रहे आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने इन आश्रय स्थलों पर व्यवस्था सुधारने के अधिकारियों को निर्देश दिये निरीक्षण के दौरान सामुदायिक शौचालयों पर दर सूची प्रदर्शित नहीं होने पर सुलभ कॉम्पलेक्स संचालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड के साथ शीतलहर का असर बना हुआ है लोग सर्दी से बचने के लिये गर्म कपडे और अलाव का सहारा ले रहे है वहीं कोहरे के ॅकारण रेल और सड़क यातायात पर काफी असर पड रहा है